इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आध्निक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और सम्पत्ति कार्ड जारी करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्पत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीण लोगों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने सहित अन्य वित्तीय सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी होगी उन्होंने कहा कि इस पहल से सम्पत्तियों के अवैध कब्जों को भी रोका जा सकेगा अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नए किसान कानून को लेकर कांग्रेस पर अपने निजी लाभ के लिए किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है धर्मशाला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस कानून के ज़रिए केन्द्र सरकार शोषित और प्रताड़ित सीमांत किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण व उन्हें बराबरी का हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है अनुराग ठाकुर ने कहा कि नए कानून के अनुसार किसान को अनुबंध में पूरी स्वतंत्रता रहेगी और वह अपनी इच्छा अनुसार दाम तय कर उपज बेच सकेगा

उन्होंने कहा कि किसान की ज़मीन पूरी तरह सुरक्षित रहे इस दिशा में भी केन्द्र सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं

इस अवसर पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बालिकाओं को बधाई दी और लोगों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति दृढ़ता से कार्य करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में बालिकाओं को सशक्त बनाने और उनके खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सक्षम ग्रड़िया बोर्ड का गठन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए सोलन में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने लोगों को बेटियों की सुरक्षा व महिलाओं के सम्मान की शपथ दिलाई शिमला में एक कार्यक्रम में महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए जागरूकता पर बल दिया सराहना विदेश मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन में कार्यरत हिमाचल के अधिकारियों की भूमिका की सराहना की है मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने मुख्य सचिव अनिल खाची को पत्र लिखकर मिशन में राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस तरह की प्रशंसा प्राप्त करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक स्वस्थ होने की दर में भारत विश्व में पहले स्थान पर है

सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सकारात्मक नीतियों के कारण भारत दुनिया में सशक्त छवि वाला देश बनकर उभरा है